मुख्यमंत्री ने कहा धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को अपनी उपज बेचने में नहीं होनी चाहिये कोई असुविधा

श्री मोदी ने कहा कि सरकार वैक्सीन तैयार करने के बारे में वैश्विक विनियामकों अन्य देशों की सरकारों बहपक्षीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ भारतीय कम्पनियों और विनिर्माताओं के सम्पर्क में है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों के लिए वैक्सीन सभी आवश्यक वैज्ञानिक कसौटियों पर खरी उतरे श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि जिस तरह कोविड से लड़ाई में प्रत्येक जान बचाने पर ध्यान दिया गया उसी तरह यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन मिले कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़ा भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्प्रथ हो सिस्टमेटिक हो और सस्टेन्डेड हो ये लंबा चलने वाला है इसके लिए हम सभी को हर सरकार को हर संगठन को एकजुट हो करके क्वारडिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री ने समी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चअल बैठक के दौरान यह बात कही यह बैठक कोविड से निपटने और प्रबंधन की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी इस दौरान आठ मुख्य राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया ये राज्य हैं हरियाणा दिल्ली छत्तीसगढ़ केरल महाराष्ट्र राजस्थान ग्जरात और पश्चिम बंगाल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ परामर्श से टीकाकरण की प्राथमिकता का फैसला किया जा रहा है भारत जो मी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहत रहेगा हमें कितने अतिरिक्त कोल्ड चेन स्टोरेज की जरूरत रहेगी कहां कहां ये संभव होगा उसके पैरामीटर्स क्या होंगे

श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि बेहतर परिणामों के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति तथा राज्य और जिला स्तरीय कार्यबल की नियमित निगरानी की जाए प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत के अनुभवों से हमने सीखा है कि वैक्सीन के बारे में कई तरह की भ्रांतियां और अफवाहें फैलाई जाती हैं उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के द्ष्प्रभावों के बारे में भी अफवाहें फैलाई जा सकती हैं प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि नागरिक समाज एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों तथा मीडिया सहित हरसंभव मदद से व्यापक जागरूकता अभियान के जरिए इस तरह के प्रयासों पर अंकृश लगाया जाए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

श्री मोदी ने सतर्क किया कि इस तरह की सोच से असावधानी बढती है कोई वैक्सीन नहीं है दवाई नहीं है हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम हरेक को कैसे अपने अपने आप बचाएं और हमारी जो गलतियां हुई वो ही एक खतरा बन गया थोड़ी ढिलाई आ गई इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंगीरता के प्रति हमें फ़िर से जागरूक करना ही होगा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा स्वास्थ्य सचि राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल भी इस उच्च स्तरीय कोविड समीक्षा बैठक में उपस्थित थे

यह अध्यादेश ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराध की श्रेणी में लाकर प्रतिषिद्व करेगा जो मिथ्या निरूपण बलपूर्वक असम्यक प्रभाव प्रपीड़न प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए किया जा रहा हो यह अवयस्क महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए वृहत दण्ड का प्रावधान करेगा सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में कतिपय सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त करके उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी उपबन्धों का उल्लंघन करने पर कम से कम एक वर्ष अधिकतम पांच वर्ष की सजा और पन्द्रह हजार जुर्माने का प्राविधान किया गया है जबकि अवयस्क महिला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के सम्बन्ध में धारा तीन के उल्लंघन पर कम से कम तीन वर्ष अधिकतम दस वर्ष तक का कारासवास और जुर्माना पच्चीस हजार रूपया होगा

इस अवसर पर वे विश्वविद्यालय के सौ साल के स्मारक सिक्के का अनावरण करने के साथ साथ विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे समरोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे उन्नीस सौ बीस में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना ग्णवत्तापूर्ण शिक्षा और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने तथा समाज और मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को अपनी उपज बेचने में धान क्रय केन्द्रों पर कोई असुविधा न हो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धान क्रय प्रक्रिया के गहन मॉनीटरिंग तथा क्रय केन्द्रों का आवश्यक निरीक्षण करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक मीटिंग के दौरान उच्च अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जनता को आलू और प्याज सहित अन्य आवश्यक खादय सामग्री उचित मुल्य पर उपलब्ध हो उन्होंने जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये

विवरण हमारे प्रतिनिधि से प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी तिथि शुरू होते ही श्रद्धालुओं के कदम परिक्रमा मार्ग पर बढ़ चले और देखते ही देखते अद्वारह किलोमीटर तम्बा पञ्च कोसी परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से भर गया है जिसमें नन्हें मुन्ने और वर्यावृद्ध महिलाओं पुरूषों का उत्साह देखते ही बन रहा है बीच बीच में भजन कीर्तन करती चल रही साधू संतों की टोली समूचे वातावरण को धार्मिकता से सराबार कर रही हैं मानव शरीर पृथ्वीजलतेजवायु और आकाश से बना हैं मान्यता हैं कि पञ्जच कोसी परिक्रमा से इन पांचो पदार्थों का शोधन होता है

मशहूर शिया धर्मगुरु और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक का कल लखनऊ में निधन हो गया वे तिरासी वर्ष के थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है